केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता कानून किसी के विरोध में नहीं है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिसको विरोध करना हो कर मगर सीएए वापस नहीं होगा

उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं समाप्त होती बल्कि इसके बारे में विपक्षियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों की भाषा बोलने का कार्य कांग्रेस सपा और अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं श्री योगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है लेकिन लोगों को इस पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है

एक एक वयक्ति के पास जाये और इसके बारे में बार बार कहा गया कि यह नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है लेने का नहीं लेकिन तब भी गुमराज करने का प्रयास हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नेपाल के सर्वांगीण विकास में एक विश्वसनीय भागीदार की भूमिका निभा रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जोगबनी बिराट नगर एकीकृत चौकी का संयुक्त रूप से उदघाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी पहले उनकी सरकार की मुख्य नीति है और सीमा पार सम्पर्क में सुधार करना इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सभी मित्र देशों के साथ बेहतर परिवहन सुविधा विकसित करने और व्यापार संस्कृति तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है बाइट नेबरहड में मैं सारे मित्र देशों के साथ आवागमन को सरल और सुचारू बनाने और हमारे बीच व्यापार संस्कृति शिक्षा इत्यादि सभी क्षेत्रों में संपर्क को और सुगम बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नेपाल में सड़क रेल और ट्रांसमिशन लाइन जैसी सम्पर्क परियोजनाओं पर काम कर रहा है उन्होंने यह भी कहा कि भारत और नेपाल के बीच प्रमुख सीमा स्थानों पर एकीकृत चौकियां बड़े पैमाने पर आपसी व्यापार और आवागमन की सुविधा प्रदान कर रही हैं जोगबनी बिराटनगर में दूसरी एकीकृत चौकी व्यापार और लोगा के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय सहायता से बनाई गई है

नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अपने सम्बोधन में भारत के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि दोनों देशों में स्थिर और बहुमत वाली सरकार का होना एक महत्वपूर्ण स्थिति है और उनकी सरकार भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि फेक न्यूज समाचार जगत में नए खतरे के रूप में उभरी हैं इसे प्रचारित करने वाले स्वयं के पत्रकार होने का दावा करते हैं और इस जिम्मेदार पेशे को बदनाम करते हैं कल नई दिल्ली में रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज का मौजूदा चलन पत्रकारिता में संयम और दायित्व के बुनियादी सिद्धांत को कमजोर कर रहा है उन्होंने कहा कि अक्सर पत्रकार अभियोजक वकील और न्यायाधीश की भूमिका में आ जाते हैं ऐसे में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को सामने लाने वाली महत्वपूर्ण खबरें नजर अंदाज कर दी जाती हैं और उनके स्थान पर गौण बातें सामने आ जाती हैं उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देने में मदद करने के बदले रेटिंग के चलते सनसनीखेज मनगढंत खबरों को बढ़ावा मिलता है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी सार्थक है जब इसके नागरिकों तक सही खबरें पहुंचें उत्कृष्ट पत्रकारिता लोकतंत्र को सार्थक करती है

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को जन समस्याओं का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर त्वरित गति से करने के निर्देश दिये हैं श्री मौर्य आज लखनऊ में अपने कैम्प कार्यालय पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आये लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे उन्होंने कहा कि अधिकारीगण शासन की प्रतिबद्धताओं और जनआकांक्षाओं के अनुरूप अपने दायित्वों का निवर्हन करें जनता की समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही और हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जायेगी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अपनी चिकित्सा स्वास्थ्य राजस्व सड़क अवैध अतिक्रमण भूमि विवाद आदि से संबंधित समस्याएं लेकर आते हैं जिनका समाधान करना अधिकारियों का कार्य है उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का नियमानुसार समाधान किया जायेगा प्रदेश में शाहजहांपुर और अमेठी जनपदों में हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में दस लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया शाहजहांपुर जनपद में बीती रात अज्ञात वाहन को ओवर टेक करते समय एक कार के पेड़ से टकरा जाने के कारण पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई यह दुर्घटना निगोही थाना क्षेत्र के पिपरिया उदय भानपुर के पास राजमार्ग पर घटित हुई यह सभी लोग एक शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे वहीं जनपद अमेठी में बीती रात थाना गौरीगंज अन्तर्गत गौरीगंज अमेठी मार्ग पर बारहमासी कस्बे के पास एक कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक यूवक गंभीर रूप से घायल हो गया घायल को लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है

उन्होंने कहा कि इस कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सहायता लो जाये मुख्यमंत्री ने दुर्घटना के प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं गौरतलब है कि गोण्डा जनपद में एली परसौली घाट पर घाघरा नदी में आज दोपहर एक नाव पलट जाने से कई लोगों के डूबने की आशंका है अधिकारी और राहत टीमें मौके पर पहुंच कर बचाव कार्य में लगी है

इसी दौरान घाट से कुछ दूर पहले ही नाव पलट गई

समाचार लिखे जाने तक एक व्यक्ति का शव निकाल लिया गया और अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ प्रेस क्लब में आयोजित एक समारोह में एशिया के ज्योतिपुंज गुरू गोरखनाथ नामक पुस्तक का लोकार्पण किया इस पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार राम सागर शुक्ल है इस अवसर पर बोलते हुए श्री शाही ने कहा कि गुरू के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनता है पुस्तक की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि लेखक ने गुरू गोरखनाथ के बारे में विश्लेषणात्मक सारगर्भित लिखा है इस अवसर पर साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कइ विद्वानों को सम्मानित किया गया